ये दोनो नेता जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं भोपाल की हजुर सीट से भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा और नरेला से कांग्रेस प्रत्याशी डाक्टर महेन्द्र सिंह चौहान सहित कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भरे

इसके अनुसार पन्ना सीट से बुजेन्द्र सिंह और पवई से प्रहलाद लोधी पार्टी के उम्मीदवार होंगे भाजपा की केन्द्रीय चनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी ने भोपाल की गोविन्दपुरा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बह कृष्णा गौर को उम्मीदवार बनाया है

पार्टी ने बड़वानी जिले की राजप्र सीट से दिवंगत प्रत्याशी देवीसिंह पटेल की जगह उनके पूत्र अंतर पटेल को टिकट दिया है पाटन से पूर्व मंत्री अजय विश्नोई बडवारा से मोती कश्यप शाजापुर से अरुण भीमावत कालापीपल से बाबुलाल वर्मा सोनकच्छ से राजेन्द्र वर्मा झाबुआ से जी एस डामोर भिण्ड से चौधरी राकेश सिंह मेंहगांव से राकेश शुक्ला दिमनी से शिवमंगल सिंह तोमर अम्बाह से गब्बरसिंह सिकरवार भाण्डेर से रजनी प्रजापति राजनगर से अरविन्द पटेरिया डबरा से कप्तान सिंह गाडरवाड़ा से गौतम पटेल सांवेर से राजेश सोनकर घटिटया से अजीत बोरासी अमरवाड़ा से रामखिलावन पटेल देपालपुर से मनोज पटेल तेंद्खेड़ा से मुलायम सिंह निवाड़ी से अनिल जैन और पथरिया से लखन पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव को मैदान में उतारा पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री सरताज सिंह को होशंगाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया है अपनी उम्मीदवारी से कुछ देर पहले ही श्री सिंह ने होशंगाबाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ऐलान किया था कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे पार्टी ने पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया को गरोठ वंशमणि प्रसाद वर्मा को देवसर विनय कुमार सक्सेना को जबलपुर से उम्मीदवार बनाया है जबकि भोपाल की गोविन्दपुरा सीट से गिरीश शर्मा हजूर से नरेश ज्ञानचन्दानी को टिकट दिया गया है पार्टी ने कल रात जारी चौथी सुची में पूर्व मंत्री नरेन्द्र नाहटा को मंदसौर से टिकट दिया है इन्दौर एक से प्रीति अग्निहोत्री इन्दौर चार से सुरजीत सिंह चड़डा उज्जैन उत्तर से राजेन्द्र भारती और उज्जैन दक्षिण से राजेन्द्र वशिष्ट को प्रत्याशी बनाया गया है पार्टी ने सिरोंज और बुरहानपुर से अपने उम्मीदवार बदले हैं विधानसभा चुनाव के लिए इधर कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद जो नाम सामने आये उसे लेकर पार्टी की अंतर्कलह अब सडकों पर आ गया है खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ताओं ने कल सडक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के विरोध में जमकर नारेबाजी की चुनाव प्रचार प्रदेश में अधिकांश राजनैतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है उसके साथ ही कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिये हैं राज्य के कई स्थानों में चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है हालांकि अभी कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है लेकिन उम्मीदवार प्रचार में लगातार व्यस्त हैं

उधर जिला प्रशासन निष्पक्ष मतदान के लिये लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने में लगा हुआ है

चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी उम्मीदवार के अपराधिक मामलों का प्रचार करने पर होने वाला खर्च चुनावी खर्च का हिस्सा माना जायेगा यह खर्च उम्मीदवार और उसका राजनैतिक दल उठायेगा आयोग ने यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद दी है आयोग ने ये भी कहा कि यदि नामांकन भरने के बाद आपराधिक मामले की स्थिति बदल जाती है तो उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी को उसकी जानकारी देनी होगी निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा नहीं है लेकिन उम्मीद्वार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा अट्ठाइस लाख रुपये है

बयान में कहा गया है कि लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि विचाराधीन मामलों में जैसे ही मांगी हई जानकारी मिले और उसकी योग्यता हो तो तुरन्त बचे हए रिफंड का भुगतान भी किया जा सके राजभवन राजभवन में कल दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आमजनों से भेंट की और दीपावली की बधाईयों का आदान प्रदान किया राज्यपाल श्रीमती पटेल से दीपावली की बधाईयों का आदन प्रदान करने आने वालों में गुजराती समाज का प्रतिनिधि मंडल गायत्री परिवार के सदस्य भोपाल जेल के कैदी द्रोणाचार्य थल सेना केन्द्र के सैनिक रोज सोसायटी के सदस्य विभिन्न महिला संगठन राजभवन द्वारा गोद लिये गये टीबी पीड़ित रोगियों के माता पिता विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और नन्हें मुन्ने बच्चे तथा राजभवन सचिवालय के कर्मचारियों के परिवारजन शामिल रहे हिंगोट हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के ठीक दूसरे दिन इंदौर के निकट गौतमपुरा में दो गांवों के बीच परंपरागत हिंगोट खेल खेला गया

तुर्रा और रूणजी की कलंगी के लोगों को इस खेल के लिए आधे से एक घंटे का समय दिया गया था इस दौरान दोनों के बीच फेंके गए बारूद भरे हिंगोट से कई लोग घायल हुए हैं हालांकि प्रशासन ने दर्शकों को बचाने के लिए जालियां लगाई थीं लेकिन उत्साह के चलते कई दर्शक जालियां तक कृद गए

गौरतलब है कि गौतमपुरा में लोग सालों पहले मुगलों से गांवों को बचाने के लिए उनकी सेना पर इस तरह के प्रहार करते थे इसके बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है स्मृति समारोह मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आज होशंगाबाद के एनईएस महाविद्यालय में गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा

उदघाटन सत्र में मुक्तिबोध की सामाजिक चेतना विषय पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ रामेश्वरम तिवारी और डॉ राधावल्लभ शर्मा का वक्तव्य होगा भाईदूज दीपोत्सव के बाद आज देशभर में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है इस दिन बहने व्रत पूजा कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टिका लगाती हैं

यह त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है